केन्द्र सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सभी रेलवे फाटकों पर आरओबी और आरयुबी का करायेगी निर्माण राज्य सरकार ने केबीनेट के निर्णय की अनुपालना के लिये कई मंत्री स्तरीय समितियों का किया गठन

उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर किसान ऐसे हैं जो साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासन वाले राज्यों में कषि ऋणों को माफ करने की घोषणा करके राष्ट्र को गुमराह कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोन्द्र सरकार किसानों के जीवन में सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है

अपने फेसबुक पोस्ट पर वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस योजना को एक युगांतरकारी योजना बताते हुए कहा कि औसतन रोजाना पांच हजार दावों का भुगतान दिया जाता है वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ने के बाद अगले पांच वर्षों में हर साल करीब एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने लगेगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल सितम्बर में आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया था

इनमें सिनेमा के टिकट टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन तथा पावर बैंक शामिल हैं

म्यूजिक ब्रक संरक्षित सब्जियां और जनधन योजना के तहत बैंक खातों को कर से छूट दी गई थी

सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौतों के तहत गैर अनुसूचित या चार्टर संचालन द्वारा तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा पर अब केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने कहा कि रेल मंत्रालय सेतु भारतम योजना के तहत कमजोर और संकरे पूलों को बदलेगा इसके साथ ही कृछ पुलों को चौडा और मजबूत बनाया जायेगा ताकि उन पर आवागमन सुगम हो सके

राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों की समस्या के निस्तारण के लिये एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है इसके संयोजक ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला को बनाया गया है वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ममता भूपेश और अशोक चांदना को सदस्य बनाया गया है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद क्मार ने बताया कि इसके लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी

रेलवे के अनुसार इन रेलगाडियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जायेगा

लोग सर्दी से बचने के लिये गर्म कपडे और अलाव का सहारा ले रहे है वहीं कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर काफी असर पड रहा है मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी क्षेत्र से आने वाली हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ गई है